प्रत्येक सप्ताह में सोमवार मंगलवार गुरुवार और शनिवार को लगाये जायेंगे कोरोना के टीके और पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में

बूलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

श्री मोदी ने कहा कि आज का दिन हम सबके लिए ऐतिहासिक है उन्होंने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत अपने सुन्दर रूप में परिलक्षित हो रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय रेल के इतिहास में पहली बार देशभर से आठ रेलगाड़ियां एक साथ एक गन्तव्य से जुड़ गई हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि केवड़िया भारत में प्रमुख पर्यटन स्थल बनकर उभर रहा है दुनियाभर से पर्यटक केवड़िया आ रहे हैं अमरीका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के मुकाबले केवडिया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने वालों की संख्या ज्यादा है

अपने लोकापर्ण के बाद करीब करीब पचास लाख लोग स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को देखने आ चुके हैं कोरोना में महीनों तक सब कुछ बंद रहने के बाद अब एक बार फिर केवड़िया में आने वाले टूरिस्टों की संख्या तेजी से बढ़ रही है एक सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि जैसे जैसे कनेक्टिविटी बढ़ रही है भविष्य में हर रोज एक लाख तक लोग केवड़िया आने लगेंगे श्री मोदी ने कहा कि रेलवे भी तरक्की की राह पर अग्रसर है उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे ने मौसम की कठोर स्थिति और कोविड उन्नीस महामारी को चुनौती देते हुए अपनी सभी परियोजनाओं को पूरा किया है

अगर हम भारत में हाई होर्स पॉवर के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव नहीं बनाते तो क्या दुनिया की पहली डबल स्ट्रेट लांग होल्ड कंटेनर ट्रेन क्या भारत चला पाता आज जब भारतीय रेल के ट्रांसफोर्मेशन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं तो हाइली स्किल स्पेशलाइस्ड मैनपावर और प्रोफेशनल्स भी बहत जरूरी है वडोदरा में भारत की पहली डिम रेलवे यूनिवसिर्टी की स्थापना के पीछे यही मकसद है रेलवे के लिए इस प्रकार का उच्च संस्थान बनाने वाला भारत दुनिया के गिने चुने देशों में से एक है प्रधानमंत्री ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करते हैं कि भारतीय रेलवे न केवल नई आत्मनिर्भर तकनीकों का उपयोग करें बल्कि ये तकनीकें पर्यावरण अनुकूल भी हों पूरे देश में कल दुनिया का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसकी शुरुआत की अभियान के पहले दिन एक लाख इक्यानवे हजार से अधिक लोगों को टीके लगाये गये हैं भारतीय सीरम संस्थान की ओर से तैयार किया गया टीका कोविशील्ड सभी राज्यों को भेजा गया है भारत बायोटेक की को वैक्सीन बारह राज्यों में पहुंचाई गई है प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह अभियान मानवीय सिद्धांतों पर आधारित है और टीकाकरण के लिए प्राथमिकता ऐसे लोगों को दी जा रही है जिनके संक्रमित होने का खतरा सबसे अधिक रहा है

इतना ही नहीं कई और वैक्सीन पर भी काम तेज गति से चल रहा है ये भारत के सामर्थ्य भारत की वैज्ञानिक दक्षता भारत के टैलेंट का जीता जागता सबूत है प्रधानमंत्री ने दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र दोहराते हुए लोगों से अनुरोध किया कि वे पहला टीका लगाए जाने के बाद मास्क उतारने और परस्पर सुरक्षित दूरी की अनदेखी करने की गलती न करें

मैं प्रार्थना करता हूं मत करिए और मैं आपको एक और चीज बहुत आग्रह से कहना चाहता हूं जिस तरह धैर्य के साथ आपने कोरोना का मुकाबला किया वैसे ही धैर्य अब वैक्सीनेशन के समय भी दिखाना है प्रधानमंत्री ने कोरोना के लिए वैक्सीन बनाने में जुटे वैज्ञानिकों की सराहना की है उन्होंने कहा कि यह गर्व की बात है कि देश के पास बहुत कम समय में कोरोना के दो मेड इन इंडिया टीके उपलब्ध हैं राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान के पहले दिन कल अठारह हजार एक सौ बाईस स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया गया अड़तीस जिलों में तीन सौ एक स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण कार्यक्रम चलाया गया स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि हर सप्ताह में सोमवार मंगलवार गुरूवार और शनिवार चार दिन टीकाकरण किया जाएगा इस बीच राज्य में कोरोना के नए मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर अंठानवे प्रतिशत हो गई है इधर पिछले चौबीस घंटों में कोरोना संक्रमण के दो सौ ग्यारह नए मामले सामने आए पटना में सबसे अधिक एक सौ सात नये मामलों की पुष्टि हुई है अन्य जिलों से भी नये मामले सामने आये हैं वर्तमान में विभिन्न अस्पतालों में तीन हजार सात सौ बारह मरीजों का उपचार चल रहा है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की बात कही उन्होंने कहा कि कोविड टीका पूरी तरह सुरक्षित है

कोई ये कहता है कि वैक्सीन से लोगों की इम्पोटेंसी हो जाती है या उससे न्यूरो डैमेज हो जाता है तो एक लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुका है चाहे वो ट्रायल में लगा हो या वो रोल आउट में लगा हो और जो वैक्सीन यहां पर यूज हो रही हैं वो और देशों में भी यूज हो रही हैं तो कहीं भी ऐसा कोई सिग्नल भी नहीं आया है कि किसी को सीरियस एण्ड सिग्नीफिकेंट साइड इफैक्ट हुए हैं इसलिए हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि ये जो वैक्सीन हैं जो हमारे साइंटिस्ट्स ने बनाई हैं जिसपर रिसर्च हुई हैं जिसपर सेफ्टी ट्रायल्स हुए हैं और वो जो बाहर भी यूज होनी हैं वो सारी सेफ हैं और उसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं हैं देश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर छियानवे दशमलव पांच आठ प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों में सत्रह हजार एक सौ मरीज स्वस्थ हुए इसके साथ ही देश में कोविड उन्नीस से एक करोड़ एक लाख छियानवे हजार आठ सौ पचासी लोग ठीक हो चुके हैं देश में इस समय कोविड उन्नीस के लगभग दो लाख आठ हजार सक्रिय मामले हैं केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम के पहले दिन की समीक्षा करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बातचीत की उन्होंने मंत्रियों से वैक्सीन के बारे में अफवाहों और गलत सूचना पर रोक लगाने और सही सूचना का प्रचार प्रसार करने के लिए प्रयास करने की अपील की राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और सचिवों ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री को टीकाकरण के पहले दिन की प्रगति और प्राप्त लक्ष्यों की जानकारी दी डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देशभर में लोग वैक्सीन पर विश्वास कर रहे हैं और उसकी सराहना भी कर रहे हैं खेल मंत्रालय ने भारतीय खेल प्राधिकरण साइ के आधुनिक स्वरूप वाले खेल सुविधा केंद्रों के नाम देश के प्रसिद्ध खिलाड़ियों के नाम पर रखने का फैसला किया है जिन्होंने भारतीय खेल में योगदान दिया है केन्द्रीय खेल मंत्री कीरेन रीजीजू ने कहा है कि देश में खेल संस्कृति के विकास के लिये यह महत्वपूर्ण है कि हमारे खिलाड़ियों को वह सम्मान मिले जिसके वे हकदार हैं कड़ाके की ठंड से राज्य में जनजीवन अस्त व्यस्त है लेकिन आज दोपहर में राजधानी पटना सहित प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की धूप निकलने से लोगों ने राहत की सांस ली वहीं उत्तर पश्चिम दिशा से चलने वाली बर्फीली हवाओं के कारण तापमान में लगातार गिरावट हो रही है

इस एप के जरिये ग्राहक अब कभी भी और कहीं भी डाक विभाग की डिजिटल सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं इस एप से पोस्ट ऑफिस सर्च पोस्टेज कैलकुलेशन बीमा प्रीमियम कैलकुलेशन और इंटरेस्ट कैलकुलेशन की भी सुविधा ले सकते हैं पंचायती राज विभाग ने राज्य में ईवीएम से पंचायत चुनाव कराने के राज्य निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है अभी तक प्रदेश में पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से ही होते रहे हैं गौरतलब है कि इस वर्ष मार्च से मई महीने के बीच पंचायत चुनाव होना है शेखपुरा जिले में तीन निजी अस्पतालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया गया है जिलाधिकारी इनायत खान ने बताया कि तीनों अस्पतालों में जांच के बाद जानकारी मिली थी कि वहां काम कर रहे चिकित्सकों के पास उचित डिग्री नहीं थी राज्यपाल फागू चौहान ने पटना जिले के बख्तियारपूर के विभिन्न संस्थानों में स्थापित राज्य के पांच स्वतंत्रता सेनानियों की आदमकद प्रतिमाओं का वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से लोकार्पण किया जिन पाँच स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाओं को स्थापित किया गया है उनमें स्वर्गीय पंडित शीलभद्र याजी शहीद मोगल सिंह शहीद नाथ्रन सिंह यादव स्वर्गीय डूमर सिंह और स्वर्गीय कविराज रामलखन सिंह शामिल हैं राज्यपाल ने पांचों स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरों पर माल्यार्पण भी किया कार्यक्रम में उपस्थित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पांचों स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरों पर श्रद्धांजलि अर्पित की पूर्वी चंपारण जिले के पिपराकोठी थाना क्षेत्र के सिरिसिया गांव से उत्पाद विभाग ने दो सौ सतासी कार्टन विदेशी शराब बरामद किया है बरामद शराब की कीमत चालीस लाख रूपये बतायी जा रही है खगड़िया जिले में भरतखंड ओपी में पदस्थापित दारोगा हरेन्द्र पांडेय को कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है पुलिस अधीक्षक अमितेश कुमार ने बताया कि दारोगा के खिलाफ एक वीडियो सामने आया था जिसकी जांच के बाद मामला सही पाये जाने पर यह कार्रवाई की गयी है दरभंगा जिले में विभिन्न मामलों के आरोपी पांच अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है अपराधियों के पास से दो देसी कट्टा दो देसी पिस्टल ग्यारह जिंदा कारतूस तीन मोटरसाइकिल और दस मोबाइल सेट बरामद किये गये हैं पूर्णिया जिले में पुलिस ने दो चोरों को पकड़ा है जिनके पास से एक मोटरसाइकिल और एक मोबाइल बरामद किया गया है पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है बेगूसराय जिले में एक अपराधी को भगाने के आरोप में होमगार्ड के दो जवानों को नगर थाना की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है इनसे पूछताछ की जा रही है

प्रत्येक सप्ताह में सोमवार मंगलवार गुरुवार और शनिवार को लगाये जायेंगे कोरोना के टीके

डिहरी चार डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा